कथित सीडी कांड मामले में सीबीआई की अदालत ने भूपेश बघेल को चौदह दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा

रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हरदीबाजार से ही कोरिया जिले के चिरमिरी नागपुर रोड हाल्ट तक सत्रह किलोमीटर की नई रेललाइन का भी शिलान्यास किया इस योजना की अनुमानित लागत दो सौ इकतालीस करोड़ रूपये है इस रेललाइन के बन जाने से अंबिकापुर से बिलासपुर दर्ग और अनूपपुर जबलपुर रूट पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियां सीधे चिरमिरी होकर गुजरेंगी इस मौके पर कटघोरा मुंगेली कवर्धा से होकर डोंगरगढ़ तक दो सौ पचपन किलोमीटर लंबी नई रेललाइन परियोजना के निर्माण के लिए भी छत्तीसगढ़ रेल कार्परेशन द्वारा संयुक्त भागीदारी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत तीन हजार हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया गया इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि कोयले से छत्तीसगढ़ को आगे आने वाले दिनों में एक लाख एक हजार दो सौ करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा इसे राज्य के आदिवासी गरीब और आम जनता के विकास कार्य में खर्च किया जाएगा जिससे पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा

जल्द ही कोरबा जिले को इंटरसिटी ट्रेन मिल जाएगी ईस्ट वेस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत गेवरा रोड से पेंड़ा रोड तक चार हजार नौ सौ सत्तर करोड़ रूपये की लागत से एक सौ पैंतीस किलोमीटर नई रेललाइन बनाई जाएगी इस परियोजना के तहत नौ नये रेलवे स्टेशन बनाए जायेंगे वहीं धरमजयगढ़ से कोरबा तक एक हजार छह सौ छियासी करोड़ रूपये की लागत की तिरसठ किलोमीटर लंबी नई रेललाइन का निर्माण भी होगा इस रेललाइन पर छह नये रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे इसके अलावा धरमजयगढ़ से कोरबा तक रेललाइन का निर्माण ईस्ट रेल कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण के तहत होगा खरसिया से धरमजयगढ़ तक एक सौ इकतीस किलोमीटर नई रेललाइन के लिए भी आज शिलान्यास किया गया यह रेललाइन ईस्ट रेल कारीडोर के प्रथम चरण का हिस्सा है और इसकी लागत तीन हजार पचपन करोड़ रूपये है कोयला खदान पानी कोयला खदानों के पानी को अब पीने योग्य बनाया जाएगा इसके लिए साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल और राज्य सरकार के बीच एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में आज कोरबा जिले के हदरीबाजार की आमसभा में इस पर हस्ताक्षर किए गए इस समझौते पत्र पर एसईसीएल के अधिकारियों और राज्य शासन की ओर से कोरबा के कलेक्टर मोहम्मद अब्द्ल कैसर हक ने हस्ताक्षर किए सीडी कांड भूपेश बघेल हिरासत कथित सीडी कांड मामले में सीबीआई की अदालत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को आठ अक्टूबर तक के लिए चौदह दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है इसके साथ ही आरोपी विनोद वर्मा को कोर्ट ने राहत देते हुए उन पर लगी एक्सट्रॉशन की धारा तीन सौ चौरासी हटा दी है यह धारा ब्लैकमेलिंग के लिए लगाई जाती है वहीं कोर्ट ने आरोपी विजय भाटिया और विनोद वर्मा को बेल दे दी है

आज रायपुर में विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर की अदालत में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया पहले इसे कोर्ट ने अध्रा मानते हुए लौटा दिया और जल्द ही इसे दुरूस्त करने के आदेश दिए चालान की खामियों को पूरा कर करीब तीन बजे इसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया कोर्ट में आज भूपेश बघेल ने अपनी पैरवी के लिए वकील रखने से भी इंकार कर दिया था हालांकि कोर्ट ने उन्हें वकील देने की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने कहा कि वो ना तो अपनी पैरवी करायेंगे और ना ही जमानत मांगेगे कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव मोहम्मद अकबर चरणदास महंत धनेंद्र साहू और सत्यनारायण शर्मा सहित अनेक कांग्रेस नेता भी मौजूद थे

इसमें लगभग चौव्वन करोड़ रूपए की लागत से बनने वाला पेंड्रा बायपास मार्ग भी शामिल है इस मौके पर आमसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेहनतकश किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर इस वर्ष चौबीस सौ करोड़ रूपए का बोनस मिलेगा उन्होंने बताया कि किसानों को धान का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धान के समर्थन मूल्य में एक मुश्त प्रति क्विटल दो सौ रूपए की बढ़ोत्तरी की है इसे मिलाकर किसानों को दो हजार पचास से दो हजार सत्तर रूपए प्रति क्विटल धान की कीमत मिलेगी डॉक्टर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गो के हित में मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री आवास योजना सौर सुजला योजना सहित अनेक योजनाएं शुरू की हैं धान खरीदी प्रदेश में इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर एक नवंबर से की जाएगी खरीदी के लिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के उपार्जन केन्द्रों में तैयारी शुरू हो गई है खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीदी के लिए प्रदेश की एक हजार तीन सौ तैंतीस सहकारी समितियों के अंतर्गत एक हजार नौ सौ अंठानवे केन्द्र बनाए गए हैं विभागीय अधिकारियों ने बताया कि धान और मक्का खरीदी की तैयारियों के लिए कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है परिपत्र के अनुसार उपार्जन केन्द्रों में धान की नगद और लिकिंग के माध्यम से खरीदी इकतीस जनवरी तक चलेगी वहीं मक्का खरीदी एक नवम्बर से शुरू होकर इकतीस मई तक चलेगी इस बार किसानों को धान के समर्थन मूल्य के साथ तीन सौ रूपए प्रति क्विंटल का बोनस भी जोड़कर दिया जाएगा धान बीज बोनस राज्य सरकार ने बीज उत्पादक किसानों से खरीदे गए धान बीजों पर बोनस देने के लिए चौदह करोड़ सड़सठ लाख रूपए की राशि जारी कर दी है यह राशि उन किसानों को दी जाएगी जिन्होंने पिछले खरीफ विपणन वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम को धान बीज बेचा था

कृषि संचालक एमएस केरकेट्टा ने बताया कि बोनस की यह राशि किसानों को धान बीज पर दिए गए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगी गणेश विसर्जन राजधानी रायपुर में आज भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा राजधानी में कल रात बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए झांकियां निकाली जाएंगी इसके लिए पुलिस प्रशासन ने मार्ग निर्धारित कर दिए हैं रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेकर झांकी के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं झांकियों की वजह से शहर के कई इलाकों में मालवाहक वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसके अलावा झांकी मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रात आठ बजे के बाद बंद रहेगी प्रतिमाओं का विसर्जन महादेवघाट में बनाए गए कुण्ड में किया जाएगा मुदित कुमार पीसीसीएफ मुदित कुमार सिंह छत्तीसगढ़ के नये प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ होंगे राज्य सरकार ने आज मुदित कुमार सिंह की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है

यह एलओएस सदस्य है और इस पर पुलिस ने एक लाख रूपये का इनाम घोषित कर रखा था

कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के मड़ई में आज यात्री बस के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं दस अन्य यात्री घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है छत्तीसगढ़ पुलिस के अन्तर्गत जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आगामी तीस सितम्बर को रायपुर दुर्ग राजनांदगांव बिलासपुर सरगुजा बस्तर कांकेर और दंतेवाड़ा जिले में ली जाएगी